राज्य निर्वाचन आयुक्त पी एस मेहरा ने आज जयपुर में संवाददाता सम्मेलन में निकाय चनावों का कार्यक्रम घोषित किया

प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई न्यायधीश एस ए बोबडे और एस ए नजीर की खंडपीठ ने इस याचिका के बारे में केंद्रीय कानून और न्याय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय को नोटिस जारी किया है याचिका में महिलाओं को मस्जिदों में जाने की अनुमति देने के लिए सरकारी अधिकारियों और मुस्लिम संस्थाओं को निर्देश देने की अपील की गई है

केन्द्रीय आयुष राज्य मंत्री श्रीपद येसो नाइक ने आज जयपुर में राष्ट्रीय आयुर्वेद समारोह में ये जानकारी दी

उन्होंने रक्षा रेल जैसे बडे मंत्रालयों से सम्बद्व चिकित्सालयों में भी आयुष सुविधा उपलब्ध कराई गयी है समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिडला ने कहा है कि आयूर्वेद पद्धति को लोकप्रिय बनाने के लिए समाज में जागृति लाने की जरूरत है

समारोह में राज्य के चिकित्सा स्वास्थ्य और आयर्वेद मंत्री रघ् शर्मा ने बताया कि सरकार आगामी बजट सत्र में स्वास्थ्य के अधिकार को लागू करने के संबंध में विधेयक लाएगी

समारोह में देश के तीन ख्यातिप्राप्त आयुर्वेद विशेषज्ञों को धनवन्तरी पुरस्कार से सम्मानित किया गया

आज पहले दिन धनतेरस मनाया जा रहा है इसे धन त्रयोदशी या धनवंतरि त्रयोदशी भी कहा जाता है धनतेरस पर बरतन और सोने चांदी के आभूषण खरीदने की परम्परा है

वहीं सिरोही से हमारे संवाददाता ने बताया कि दीपावली के मौके पर बड़ी संख्या में माउंटआबू आने वाले पर्यटकों के लिए पुलिस और प्रशासन ने विशेष तैयारी की है

रक्षा प्रवक्ता कर्नल सम्बित घोष ने बताया कि शक्ति नाम के इस युद्धाभ्यास के लिए फांसीसी सेना की एक टुकड़ी कल पहुंच रही है सप्त शक्ति कमान की सिख रेजिमेंट की एक ट्कड़ी इस युद्धाभ्यास में भारतीय सेना का प्रतिनिधित्व करेगी